पुलिस प्रदेश सरकार पुलिस कांस्टेबलों के एक हजार पद भरेगी ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित प्रदेश पुलिस के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर की उन्होंने सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले पुलिस कर्मियों को एक पदोन्नति देने की भी घोषणा की

उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस विभाग को निरंतर सुदृढ़ कर रही है और विभाग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने पुलिस को प्रदेश में नशे से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखने को कहा ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महिला पुलिस की टुकडी को मार्चपास्ट में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत भी किया पुलिस महानिदेशक एसआरमरडी ने इस दौरान विभाग की गतिविधियों व कार्यक्रमों की जानकारी दी जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय और परवाणू में उप तहसील खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने ये घोषणा परवाणू के दशहरा मैदान में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए की उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए परवाणू में आधुनिक कृषि विपणन मण्डी स्थापित करने का ऐलान भी किया जयराम ठाकुर ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि उसके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है

मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने अधिकारियों को प्रदेश में सभी पर्यटन परियोजनाओं को समयबद्व ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं बाल्दी आज शिमला में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि चांशल जंजैहली और बीड बिलिंग जैसे पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए आकर्षित करने के उददेश्य से इको पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की भी जरूरत है इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे मिशन इन्द्र धनुष गहन मिशन इन्द्र धनुष का दूसरा चरण आज से देशभर में शुरू हो गया केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को काली खांसी टैटनेस पोलियो टीबी खसरा और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है

यह चरण इस वर्ष दिसंबर से अगले वर्ष मार्च तक चलेगा

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन सौंप कर मण्डी शहर को नगर निगम का दर्जा देने की मांग की है मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मण्डी हिमाचल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है इसकी समय के साथ जरूरते बढ़ रही है लिहाजा मण्डी को नगर निगम का दर्जा दिया जाए ज्ञापन में ये भी कहा गया कि नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से भी अनेक मौकों पर प्रदेश सरकार से मण्डी को नगर निगम का दर्जा देने की मांग उठ चुकी है उन्होंने कहा कि मण्डी को नगर निगम का दर्जा देने से यहां व्यवस्थित रूप से विकास संभव हो सकेगा विधान सभा गोवा विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने आज प्रदेश विधानसभा का दौरा किया और ई विधान प्रणाली की जानकारी हासिल की इस मौके पर इस दल को ई विधान प्रणाली की जानकारी देते हुए विधानसभा के निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी धर्मेश शर्मा ने कहा कि ई विधान एक पर्यावरण मित्र प्रणाली है इससे जहां कामकाज में तीव्रता व दक्षता आई है वहीं पारदर्शिता भी बढ़ी है अधिकारियों के इस दल ने कहा कि गोवा विधानसभा में भी ई विधान प्रणाली स्थापित की जाएगी इस दल ने बाद में विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा से भी भेंट की तथा दोनों विधानसभाओं की कार्य प्रणाली पर चर्चा की

स्वस्थ राष्ट्र सुरक्षित जननी और विकसित धारिणी को समर्पित इस अभियान में जन जागरूकता के लिए व्यापक मुहिम शुरू की गई है शिमला में इस अभियान की शुरूआत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री मातुवंदना योजना से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें इस कार्य में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है

योजना के तहत मिलने वाली ये राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में डाली जाती है उमंग राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्य व उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार से राज्य की नई विकलांग नीति बनाने की मांग की है श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल को लिखे एक पत्र में सरकार से दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा देने के प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को भी तुरंत लागू करने का आग्रह किया है पत्र में कहा गया है कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है इसके बावजूद अभी बहुत कुछ किया जाना बाकि है मौसम प्रदेश में आज लागातार तीसरे दिन धूप खिलने के बावजूद जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ रहा है

इसके चलते लाहौल स्पीति में पानी के अधिकांश स्रोत जम गए हैं जिस कारण लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है अत्यधिक ठंड के चलते रोहतांग दर्रे को खोलने में जुटे सीमा सड़क संगठन को भी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है इस साल लाहौल घाटी में सर्दी ने समय से पहले दस्तक दी है मनाली और कल्पा में भी आज न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है जिस कारण जनजातीय क्षेत्रों में तापमान में और गिरावट की संभावना है टोल प्लाजा कुल्लू जिला प्रशासन ने कुल्लू और मनाली के बीच डोहलूनाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित टोल प्लाजा की दरों पर सुनवाई को लेकर एक समिति का गठन किया है उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा कि एसडीएम कुल्लू इस समिति के अध्यक्ष होंगे आरटीओ कुल्लू और लोकनिर्माण विभाग के कटराई मंडल के अधिशाषी अभियंता को इसका सदस्य बनाया गया है उन्होंने कहा कि ये समिति स्थानीय लोगों और ट्रांस्पोर्ट व टैक्सी यूनियनों के साथ चर्चा करके सात दिन में रिपोर्ट पेश करेगी

युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस महा सचिव आशीष ठाक्र ने प्रदेश सरकार पर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर की अनदेखी का आरोप लगाया है आशीष ठाक्र ने आज एक बयान मे कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मात्र एक विशेषज्ञ डाक्टर सेवाएं दे रहा था जो बीते रोज रिलीव हो गया है ऐसे में अस्पताल में अब कोई भी विशेषज्ञ डाक्टर नहीं रह गया है उन्होंने प्रदेश सरकार से अस्पताल में रिक्त पड़ डाक्टरों के सभी पदों को एक सप्ताह के भीतर भरने की मांग की है

उन्होंने इस मौके पर पंचायत में विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायक निधि से पांच लाख रूपए देने की घोषणा भी की